मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में तेरह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी गई मंजूरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी चौबीस नवम्बर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से साझा करेंगे अपने विचार कार्तिक पूर्णिमा पर आज प्रदेश भर में श्रद्वालु पवित्र नदियों में कर रहे हैं स्नान साथ ही श्रद्वा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है गुरू नानक देव जी का पांच सौ पचासवां प्रकाश पर्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ग्यारहवें ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर ब्राजील के लिए रवाना होंगे तेरह और चौदह नवम्बर को ब्राजील में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन की इस बार की थीम है उन्नत भविष्य के लिए आर्थिक विकास श्री मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में छठी बार हिस्सा लेने जा रहे हैं पहली बार उन्होंने दो हजार चौदह में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया था प्रधानमंत्री के साथ एक विशाल व्यावसायिक शिष्टमंडल भी जा रहा है सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों के उद्योगपति और व्यवसायी भी ब्राजील में रहेंगे प्रधानमंत्री का रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विफ्कीय बैठकों का भी कार्यक्रम है वह ब्रिक्स के बिजनेस फोरम और मुख्य तथा समापन सत्र में भी शामिल होंगे ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों के बीच समकालीन विश्व में राष्ट्रीय संप्रमुता के लिए चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा होने की संभावना है मुख्य सत्र के दौरान सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग पर मुख्य रूप से चर्चा होगी इसके बाद प्रधानमंत्री ब्रिक्स नेताओं की ब्रिक्स विजनेस काउंसिल के साथ बैठक में भी हिस्सा लेंगे बैठक के बाद ब्रिक्स देशों की व्यापार और निवेश संवर्धन एजेन्सियों के बीच करार पर हस्ताक्षर किये जायेंगे सम्मेलन समाप्त होने पर सभी नेता एक संयुक्त घोषणा भी जारी करेंगे ब्रिक्स में विश्व की पांच उभरती हुई अर्थव्यवस्था शामिल हैं जिनमें दुनिया की बयालीस प्रतिशत आबादी रहती है

नई दिल्ली में ऐसौचेम जे आर डी टाटा स्मारक व्याख्यान में उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार मजबूत हैं और यह विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में बनी रहेगी

भारत अगले दस वर्षो में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल लखनऊ में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में तेरह प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई बैठक के दौरान बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे परियोजना के निर्माण के लिये निविदाओं पर मंत्रिपरिषद ने अपनी मोहर लगा दी अब तहसील स्तर पर स्टाम्प वेंडर ई स्टाम्प की बिक्री कर सकेंगे मंत्रिपरिषद ने तहसीलों में स्टाम्प वेंडरों द्वारा पन्द्रह हजार रूपये तक के स्टाम्प बिक्री की सीमा को भी हटा दिया है राज्य में राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय बनाने के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी इसके अलावा मदरसा शिक्षा में सुधार उत्तर प्रदेश नगर पालिका नियमावली दो हजार उन्नीस के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद की बैठक में पारित कर दिया गया सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा है कि ऑनलाइन कांटेन्ट के क्षेत्र में आत्म नियमन जरूरी है ऑनलाइन कांटेन्ट फिल्म प्रमाणन और फिल्मांकन को आसान बनाने के विनियमन पर सेमिनार में उन्होंने यह बात कहीं इस सेमिनार का आयोजन पत्र सुचना कार्यालय ने चेन्नई में किया है श्री खरे ने कहा कि आत्म नियमन की सहिता बनाने की जरूरत है सूचना और प्रसारण सचिव ने कहा कि भारत में बनाई जा रही फिल्मों के प्रति विश्व भर में गहरी दिलचस्पी ली जा रही है उन्होंने कहा कि भारतीय फिल्म उद्योग सबसे अधिक रोजगार सूजन और राजस्व जुटाने वाले उद्योगों में से एक है मीडिया और मनोरंजन जगत बहुत तेजी से उभर रहे हैं और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेवा क्षेत्र है

यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें काम के काफी अवसर हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की चौबीस तारीख को सवेरे ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे यह मन की बात की उन्सठवीं कड़ी होगी एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों से मन की बात के लिए अपने विचार भेजने का आग्रह किया है भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अयोध्या भूमि विवाद मामले में सर्वेच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे न्याय संवत विधि संवत और सर्व समावेशी बताया है कल लखनऊ में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि सभी वर्ग इस निर्णय से सहमत हैं उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य मंदिर बनना चाहिये यहां देश के साथ विश्व के लोग आये उन्होंने कहा कि अयोध्या का ऐसा विकास होना चाहिये जिससे यहां के लोगों को रोजगार के अवसर मिले एक प्रश्न के उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि राम मंदिर के मुददे को वह राजनीति से नहीं जोड़ते यह सांस्कृतिक मुददा है न्यायालय का निर्णय किसी की हार जीत नहीं है कार्तिक पूर्णिमा पर आज प्रदेश भर में लोग पवित्र नदियों और सरोवरो में स्नान कर के पूजा पाठ और दान पृण्य कर रहे हैं प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आज कार्तिक पूर्णिमा पर मेले लगे हैं अयोध्या में भी कार्तिक पूर्णिमा पर सरयू नदी में पवित्र स्नान शुरू हो गया है श्रद्वालु सरयू नदी के विभिन्न घाटो पर पूजा पाठ कर रहे हैं प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी पवित्र नदियों के घाटो पर ब्रम्हमुहूर्त से ही श्रद्वालु स्नान और पूजा पाठ कर रहे हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से प्रदेश में नदियों के किनारे पवित्र ड्बकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं के बीच उन्मादभरी दौड लगी हुई है प्रयागराज वाराणसी मथुरा अयोध्या और बरेली सहित अन्य स्थानों पर लोगों का हुजूम नहान के लिए निकल पड़ा है इस परंपरागत रूप से पवित्र जल स्नान को कार्तिक स्नान के नाम से पुकारा जाता है और यह एक बहुत ही शक्न भरा अवसर है स्नान ध्यान के बाद श्रद्वालु अन्न और खाद्यान्न दान कर रहे हैं गुरुद्वारों में भारी भीड़ है और शब्द कीर्तन के साथ प्रकाश उत्सव के जुलूस की तैयारी हो रही है देव दीपावली के लिए प्रयागराज वाराणसी कानपुर वित्रकूट और मथुरा सहित अन्य स्थानों पर नदियों के घाटों को बड़े अच्छे ढंग से सजाया गया है जहां शाम को दियों की रोशनी की जाएगी एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को कार्तिक प्र्णिमा पर बधाई दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक श्भकामनाए दी अपने श्भकामना सन्देश में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय सांस्कृ तिक परम्परा में इस अवसर का विशेष महत्व है भगवान विष्णु ने इसी दिन मत्स्य अवतार लेकर प्रलय के अंत तक सप्त ऋषियों एवं वेदों की रक्षा की जिससे पुनः सृष्टि का निर्माण सम्मव हो सका इसके साथ ही भगवान शंकर ने इसी दिन त्रिपुरासुर नामक राक्षस का अंत किया उन्होंने कहा कि यह पर्व मानव मात्र को प्रकृति से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है वाराणसी में आज शाम आयोजित होने वाले देव दीपावली की तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं वाराणसी के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कल देर शाम दशाश्वमेघ घाट तथा आस पास के घाटो का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया सिखों के पहले गुरू और सिख पंथ के संस्थापक गुरू नानक देव जी की पांच सौ पचासवीं जयन्ती प्रकाश पर्व के रूप में आज श्रद्वा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है गुरू नानक देव जी का जन्म पन्द्रह सौ छबीस ईसवी में कार्तिक महीने में पूर्णिमा के दिन हुआ था प्रदेश भर के गुरूद्वारों में आज सुबह से ही श्रद्वालुओं की भीड है गोरखपुर बरेली कानपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में कल नगर कीर्तन निकाले गये उधर केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज महाराष्ट्र के हुजूर साहेब सचखण्ड गुरूद्वारे में मत्था टेकेंगे वे वहां लंगर वितरित करेंगे और पांच सौ पचास पौधे लगाने के अभियान में शामिल होंगे प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु नानक देव जी के पांच सौ पचासवें प्रकाश पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं अपने सन्देश में मुख्यमंत्री श्री योगी ने कहा कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के सर्व धर्म सममाव एवं सामाजिक सदभाव के सन्देश में सम्पूर्ण मानवता का कल्याण निहित है